प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पर्व

इसके बाद एक शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब अग्रिम जमानत के लिए अभियुक्त को सिर्फ उच्च न्यायालय जाने की बाध्यता नहीं होगी बल्कि निचली अदालत से ही अग्रिम जमानत मिल जाएगी आपात काल के दौरान यह व्यवस्था यूपी और उत्तराखंड में बंद कर दी गई थी इसे पास कराकर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए मेजा जाएगा अब इससे हाई कोर्ट पर कार्य का भार कम होगा और लोगों को भी भटकना नहीं होगा उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के अनुसार अब अभियुक्त का अप्रिम जमानत के लिए स्वयं मौजूद रहना आवश्यक नहीं है आवेदक किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए जरूरत पड़ने पर मौजूद रहेगा गंभीर अपराघों में और औषधि अधिनियम शासकीय अधिनियम समाज विरोधी अपराव पर कोई जमानत नहीं मिलेगी एससीएस टी एक्ट गैंगस्टर एक्ट और उन मामलों में जिनमें मृत्यु दंड दिया जाना है उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल की बैठक में नौ प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई इस दौरान कित वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी गई बैठक में लिये गये अन्य फैसले में सरकार ने उद्योग एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद देने का फैसला किया है ऐसी दस इकाइयों को मिलने वाली मदद में तीन हजार चार सौ करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा सरकार ने गन्ना के अधिक उत्पादन को देखते हुए एथनाल बनाने के लिए अतिरिक्त ग्रेड की सुविघा दी है अब बी ग्रेड और सी ग्रेड के गन्ने के रस से भी एथनाल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश विघानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है इससे पूर्व विघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को सुवारू रूप से चलाने के लिए कल लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्षी दल के नेता शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी राजनैतिक दलों से मानसून सत्र को सुवारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले मेरठ जिले के सौरम चौघरी को पचास लाख रूपये नकद तथा कांस्य पदक जीतने वाले रवि कुमार को बीस लाख रूपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है सोलह वर्षीय सौरष चौघरी ने एशियाई खेलों में दस मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हैं वहीं रवि कुमार ने दस मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्फर्वा में कांस्य पदक जीता है मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को राज्य सरकार के राजपत्रित अविकारी के पद पर नौकरी दिये जाने की भी घोषणा की प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने भी पदक विजेता सौरम चौघरी और रवि कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश के युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कम्मीर के नए राज्यपाल होंगे वे श्री एन एन वोहरा का स्थान लेंगे राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन को श्री सत्यपाल मलिक के स्थान पर बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है इसके अलावा श्री सत्यदेव नारायण आर्य को श्री कप्तान सिंह सोलंकी के स्थान पर हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है श्री सोलंकी अब त्रिपुरा के राज्यपाल हॉगे सुश्री बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद अब सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय मेघालय में उनका स्थान लेंगे बेसिक शिक्षा परिषद ने सहायक अध्यापकों की इकतालीस हजार पांव सौ छप्पन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है इसके लिए ऑन लाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है आवेदन करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस अगस्त है परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि यह विज्ञापन सभी पचहत्तर जिलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में रिक्त पदों की संख्या परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है भारत ने फर्जी मैसेज की समस्या से निपटने के लिए व्हाट्सअप से अपना स्थानीय कार्यालय खोलने को कहा है इलैक्ट्रॉनिक्स और सुवना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौरिस डेनियल्स से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी वास्टसअप एक सोशलमीडिया स्लेटफार्मबन रहा है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है विरोव रूप से मॉबलिंचिंग के मामले में इसकाटेक्नोलॉजिकल रास्ता निकालना पड़ेगा और इसलिए मैने विषेप रूप से यह उनसे आग्रह कियाकि आप अपना एक प्रिवान्स ऑफिसर हिन्दस्तान में रखिए जहां लोग अपनी शिकायत को बतासकें दूसरा वाह्टसअप को भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा

प्रदेश के समी जिलों में संवालित सरकारी और गैर सरकारी आश्रय गृहों में रहने वाले संवासियों का हर दो महीने में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा और इसकी रिपोर्ट शासन को मेजी जायेगी इस संबंध में महिला एवं बाल कत्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश के आश्रय गृहों की व्यक्स्थाओं को लेकर कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया उन्होंने आश्रय गृहों में लगे सीसी टीवी कैमरे से मॉनिटरिंग व्यवस्था को जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से जोड़ने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने संवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया उन्होंने सोलह से अट्ठारह साल तक के सभी संवासियों को रोजगार परक कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छबसी तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं ये दोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जा रहा है मस्जिदो में बकरीद की विशेष नमाज अदा की जा रही है ईद उल अजहा को अल्लाह की राह में कुर्बनी का पर्व बताया जाता है विभिन्न राजनीतिक दलो के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्व की बघाई दी है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा बलिदान का पर्व है जिसका अपना एक इतिहास है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व समी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है इस बीच बकरीद के त्योहार को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं उधर कल बाजारो में पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीददारी के कारण काफी चहल पहल और भीड भाड़ रही प्रदेश में विभिन्न जनपदों में बाढ़ की स्थिति अमी भी गंभीर बनी हुई है राज्य की प्रमुख नदियां शारदा घाघरा सरयू और राप्ती उफान पर है जिससे नदी के आसपास के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं बलरामपुर जिले के श्रीदत्त खंड में रापी नदी पर काकरा राजधाट तटबंध कल टूट गया प्रशासन ने इलाके में मरम्मत और राहत कार्य शुरू कर दिए हैं जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय सांसद और विघायकों ने गांवों का दौरा किया बस्ती जिले के हरैया और बस्ती सदर तहसील के दर्जनों गांव घाघरा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से बुरी तरह से प्रभावित है जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही है